उन्होंने कहा कि राज्य के एक समान विकास के लिए हर क्षेत्र को अधिमान दिया गया है और प्रदेश भर में पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास किए गए हैं

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्र मोगीनंद के लिए बनने वाली उठाउ पेयजल योजना से क्षेत्र की पेयजल समस्या का स्थाई समाधान होगा बिंदल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बर्मा पापड़ी के लिए स्वीकृत नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इस वर्ष तकनीकी कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी

खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने धर्मशाला के अयोध्या सराएं में आज एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के लाभार्थियों को अब एक अतिरिक्त गैस रिफिल भी निशुल्क दिया जाएगा किशन कपूर ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर गुणवत्तायुक्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है और डिपुओं में आने वाले राशन की नियमित जांच के निर्देश भी दिए गए हैं कार्यशाला प्रदेश में आयुष की बात आशा के साथ और अनीमिया की रोकथाम के लिए दो परियोजनाओं का स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र के दरंग से आज वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से शुभारम्भ किया सोलन में इस अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त विनोद कुमार ने की इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं को आयुर्वेदिक विभाग के चिकित्सकों ने अनीमिया सहित अन्य बिमारियों के बारे में जागरूक किया आशा कायकर्ता घर घर जाकर लोगों के खून की जांच के साथ ही उन्हें अनीमिया के बारे में जागरूक करेंगी

सरवीण चौधरी अटल आशीर्वाद योजना के तहत राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में नवजात शिशुओं को निशुल्क बेबी किट प्रदान की जाएगी